स्लग कामचोर अफसर प्रदेश में कामकाज में लापरवाही बरतने वाले गैर जिम्मेदार अफसरों के लिए सरकार कंपलसरी रिटायरमेंट योजना पर विचार करेगी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि अक्सर अफसरों की सुस्ती और नकारेपन की शिकायतें आती रही हैं उन्होंने सख्त लहजे में ऐसे अफसरों को खुद में सुधार करने की चेतावनी दी है मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिकारी काम करने के लिए होते हैं काम चोरी के लिए उन्हें अधिकारी नहीं बनाया गया है उन्होंने कहा कि कामचोर अफसरों को जबरन सेवानिवृति प्रदान की जायेगी

कल नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्री से प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत और सांसद तीरथ सिंह रावत ने मुलाकात की इस दौरान श्रीनगर में एनआईटी के साथ ही कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई यह फैसला लिया गया कि इस वर्ष से एनआईटी के एडमिशन श्रीनगर में ही होंगे इसके साथ ही जयपुर शिफ्ट हुए छात्र छात्राओं को जल्द श्रीनगर वापस बुलाया जाएगा इसके अलावा उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से उत्तराखण्ड में एनसीईआरटी का प्रशिक्षण केन्द्र केन्द्रीय विद्यालय समिति और नवोदय विद्यालय समिति का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के साथ ही प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में अकादमिक नेतृत्व और शिक्षा प्रबन्धन का केन्द्र खोलने का अनुरोध किया उन्होंने उत्तराखण्ड में एनआईओएस के माध्यम से कौशल विकास पाठ्यक्रमों को संचालित करने का भी अनुरोध किया स्लग मुख्य सचिव पिथौरागढ मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि पिथौरागढ़ जिले के गुंजी और आसपास के गांवों को ग्रोथ सेन्टर के रूप में विकसित किया जायेगा इसके लिए वृहद प्रचार प्रसार भी कराया जायेगा पहली बार गुंजी पहुंचे मुख्य सचिव को स्थानीय लोगों ने व्यास घाटी और गुंजी गांव की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया जनता की समस्या सुनते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सम्पूर्ण व्यास घाटी प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुन्दर है उन्होंने कहा की यहां की हर समस्या को प्राथमिकता से दूर किया जायेगा उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सड़क निर्माण केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है सीमा सड़क संगठन द्वारा इस पर काम किया जा रहा है सड़क निर्माण के लिए बड़ी बड़ी मशीनें हवाई मार्ग से लायी गयी है

मुख्य सचिव ने कहा कि गुंजी को दूरिस्ट गांव बनाया जायेगा उन्होंने क्षेत्र में जड़ी बूटी और उद्यान को भी आगे बढ़ाने की बात कही इस दौरान नाबी और रोंगकांग के ग्रामीणों ने भी अपनी गांव की विभिन्न समस्याओं से मुख्य सचिव को अवगत कराया

उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों सेना अर्द्ध सैनिक बलों बीआरओ के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिये स्लग राष्ट्रपति पर्यावरण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि पर्यावरण के संतुलन और संरक्षण की सफलता लोगों की भागीदारी में निहित है राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने आए भारतीय वन सेना के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें देश की वन सम्पदा के संरक्षण और हरियाली को बढ़ाने के हरसंभव प्रयास कर रही हैं उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में गरीब और जनजातीय लोग देश के वन क्षेत्र के आसपास रहते हैं राष्ट्रपति ने कहा कि वनों के संरक्षण के प्रयास लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और उन्हें शामिल करके ही सफल हो सकते हैं स्लग सीएम प्रशिक्षु भेंट मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रशिक्षु युवा सहायक अभियोजन अधिकारियों से समाज में अपराध के संगठित और बदलते तरीकों के अनुसार खुद को तैयार रहने को कहा

उन्हें समाज में बढ़ते परिस्थिति जन्य और संगठित अपराधों के तौर तरीकों का मुकाबला करने में दक्षता और सतर्कता के साथ जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा साथ ही भ्रष्टाचार मिटाने और माफिया तंत्र के नेटवर्क की गतिविधियों पर भी नियन्त्रण में मददगार बनना होगा मुख्यमंत्री ने अभियोजन अधिकारियों से कानूनी कार्रवाई में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने की भी अपेक्षा की इस अवसर पर पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र नरेन्द्र नगर के निदेशक मुख्तार मोहसिन ने बताया कि अभियोजन अधिकारियों का यह पहला बैच है जिनकी ट्रेनिंग नरेन्द्र नगर में हो रही है

विधानसभा अध्यक्ष ने प्रशिक्षु सहायक अभियोजन अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के कानून व्यवस्था में अभियोजन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है श्री अग्रवाल ने सहायक अभियोजन अधिकारियों को आह्वान किया कि वे अपने सेवाकाल में अनुशासन समयबद्धता और चरित्र निर्माण के सिद्धान्तों का पालन करें

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने क्रांतिकारी स्वपतंत्रता सेनानी चन्द्रशेखर आजाद और लोकमान्यन तिलक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर चंद्रशेखर आजाद को एक निर्भीक और दृढ संकल्प वाला स्वतंत्रता सेनानी बताया जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने अपना जीवन पूर्ण स्वराज के लिए न्यौछावर कर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश हमेशा उनके योगदान को याद रखेगा उनकी कुर्बानी देशवासियों के लिए प्रेरणा है स्लग उत्तरकाशी पिरूल उत्तरकाशी जिले में चीड़ पिरूल आधारित बिजली उत्पादन और बायो ऑयल इकाइयां स्थापित करने की कवायद तेज हो गई हैं

सभी अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं उन्होंने उरेडा को दूसरे चरण में सभी आवेदनों को ऑनलाईन करने के निर्देश दिये जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में ज्यादातर चीड़ के वृक्ष हैं इससे निकलने वाले पिरूल में वनाग्नि सीजन में आग लगने की ज्यादा अंदेशा रहता है इसलिए पर्यावरण और वन सम्पदा को बचाने के लिए यह प्रोजेक्ट बेहद उपयोगी साबित होगा

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से हर महीने संवाद के लिए रेडियो को चुना है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि रेडियो ही एक ऐसा जरिया है जो देश में समाचारों के साथ मनोरंजन का भी माध्यम है एक ट्वीट संदेश में प्रकाश जावडेकर ने कहा कि सरकार एक नई शुरूआत करने जा रही है उन्होंने बताया कि एक ही स्टेशन चार नये स्टेशनों की जगह ले सकेगा